सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज दोनों देशों की शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रियाद पहुंचे प्रधानमंत्री की यात्रा कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सउद और शीर्ष नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम भी है सऊदी अरब में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के प्लेनरी सेशन को संबोधित करने के पहले प्रधानमंत्री यहां के सम्राट सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्रों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है भारत और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी आई है

सऊदी अरब ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सहभागी रहा है दोनों देशों के बीच वर्षो से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस यात्रा के बाद दोनों देशों की घनिष्ठता और बढ़ेगी

आज शाम प्रधानमंत्री सऊदी अरब के पयूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र में भाषण देंगे शाम को ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब के भावी निवेश पहल फोरम के तीसरे सत्र में भाषण देंगे वे भारत की अर्थव्यवस्था उसके सामने चुनौतियां तथा समतामुलक विकास और खुशहाली के अवसर जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संघर्षो के समाधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि संघर्षो का समाधान करने के लिए सम्प्रभुता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्दांतों का भी पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं एक दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज को यह भी दताया कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी वार्ता प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है जिसमें सभी की भागीदारी हो श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसियों को तरजीह देना उनकी सरकार की विदेश नीति का दिशा निर्देशक सिद्वांत है और सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध अपने दूस्थ पड़ोसियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शाह सलमान बिन अब्दुत अजीज अल सऊद और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में भारत और सऊदी अरब के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे अस्सी वर्ष से अधिक आयू के लोग और दिव्यांगजन अब डाक मत पत्र यानी पोस्ट बैलेट से भी वोट डाल सकते हैं हालांकि ऐसे मतदाताओं को दोनों विकल्प दिए गए हैं इनमें मतपत्र बैलेट पेपर से या पोस्ट बैलेट से वोट डालने का अधिकार शामिल है निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विधि और न्याय मंत्रालय ने उन्नीस सौ इकसठ के चुनाव नियमों में संशोधन किया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति मिल सके संशोधित नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को एक नए फार्म बारह डी में आवेदन करना होगा जो चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों के भीतर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है इकत्तीस अक्तूबर को पटेल जयंती के उपलक्ष्य में देश के सात सौ से अधिक जिलों के लाखों लोग एकता दिवस कार्यक्रमों में भाग लेंगे यम द्वितीया यानी भइया दूज का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज ही भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की गयी यम द्वितीया पर्व पर आज मथुरा में लोगों की भारी भीड़ लगी मथुरा के विश्राम घाट पर भारी संख्या में जुटे भाई बहन ने एक साथ पवित्र यमुना नदी में स्नान किया तथा घाट पर ही स्थित यमुना जी और यमराज मंदिर में पूजा अर्चना कर के मोक्ष प्राप्ति की कामना की अयोध्या से लगे सरयू नदी के जमथरा घाट पर आज यम द्वितीया का पारम्परिक मेला लगा हुआ है वहां ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं जौनपुर जिले के जमैथा गांव में स्थित माता अखण्डो देवी के मंदिर पर लोग अखण्डो देवी का दर्शन पूजन कर रहे हैं राज्य के पूर्वी जिलों में यम द्वितीया यानी भइया दूज पर्व को गोधना पर्व के रूप में मनाया जाता है आज पूर्वी जिलों में महिलाओं ने गोवर से यमराज की आकृति बनाकर उसकी पूजा अर्चना की तथा अपने अपने भाईयों के लिए दीघार्यू की कामना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को भइया दूज पर्व की श्भकामनाएं दी हैं